छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में अट्ठारह वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगले दो दिनों के भीतर नई नीति बनाने के दिए निर्देश

हालांकि इस दौरान रायपुर और दूर्ग जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुछ अतिरिक्त छूट रहेगी जबकि बाकी छब्बीस जिलों में भी कुछ विशेष व्यावसायिक सेवाओं के लिए छट दी गई हैं चूंकि आंध्रप्रदेश में कोरोना के एक नये स्वरूप का पता चला है जो कि बेहद खतरनाक है इस वायरस को बस्तर में फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं इसके तहत आंधप्रदेश को बस्तर से जोडने वाली सीमा को पूरी सख्ती के साथ सील करने को कहा गया है इस दौरान सीमा के पास आने जाने वालों की कड़ाई से जांच की जाएगी और सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाएगी प्रदेश में चौथे चरण के लॉकडाउन में जिलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है रायपुर और द्र्ग जिलों को छोड़कर बाकी छब्बीस जिलों को एक श्रेणी में रखा गया है इन छब्बीस जिलों में अब लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र की दुकानें रिपेयरिंग गैस एजेंसी किराना कोरियर सर्विस इलेक्ट्रीशियन प्लंबर और इनसे जुड़ी दुकानें खुलेंगी लेकिन बड़े बाजार या मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है वहीं एसी पंखा और कलर की होम डिलीवरी की जा सकेगी लेकिन इनकी द्वकाने नहीं खोली जाएगी फल और सब्जियों की बिक्री बस्तियों में घूमकर की जा सकेगी लेकिन एक स्थान पर ेन्हें बेचने की अनुमति नहीं होगी दैनिक उपयोग के सामानों की मी होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है मजदूरो से संबंधित लोक निर्माण सिंचाई वन विभाग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और मनरेगा के कार्य करने की अनुमति दी गई है पेट्रोल पम्प और दवा दुकानों को छोड़कर ये समी सेवाए शाम पांच बजे तक ही संचालित होंगी वहीं आवश्यक वस्तुओं की गोदामों में लोडिंग और अनलोडिंग रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक की जा सकेगी

इनके अलावा पोल्ट्री फॉर्म और मांस की दुकानों के साथ ही आटा चक्की को भी खोलने की अनुमति दी गई है इसी तरह रजिस्टी ऑफिस आधे कर्मचारियों के साथ काम करेंगे वहीं लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को शाम पांच बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है वहीं रायपुर और द्र्ग जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति में कुछ सुधार को देखते हुए अतिरिक्त रियायतें प्रदान की गई हैं इन दोनों जिलों में बाकी जिलों में दी जा रही छटों के साथ ही स्टेशनरी दोपहिया गाड़ियों की रिपेयरिंग के साथ ही होटल से होम डिलीवरी और निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के अलावा कपड़े धुलाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति रहेगी प्रदेश में लॉकडाउन के इस चौर्थे चरण में भी सभी जिलों में सूपर बाजार मॉल धार्मिक स्थल शिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर मैरिज हॉल शराब दकान पर्यटन स्वीभिंग पुल पान दकाने और फटपाथ पर लगने वाली द्रकानों के साथ ही जिम आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा इसके ै अलावा किसी प्रकार की सामुदायिक भीड़ की अनुमति भी नहीं दी जाएगी इस दौरान विवाह और अंतिम संस्कार के कार्यों में केन्द्र सरकार और स्वास्थ्य विमाग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा चौथे चरण के तॉकडाउन में प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में आने जाने वालों की कड़ी जांच की जाएगी साथ ही इन क्षेत्रों में कोरोना जांच पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा उधर बीजापुर जिले में कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने बारह मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है इन दौरान किरोना दुध फल सब्जी की घर पहुंच सेवा की अनुमति रहेगी वहीं पेट्रोल पंप में पासधारियों और कोरोना ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों को ही पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा हाईकोर्ट टीकाकरण सनवाई छत्तीसगढ़ में अट्ठारह से चवालीस वर्ष की उम्र वाले लोगों के कोरोना टीकाकरण में अंत्योदय वर्ग को प्राथमिकता दिए जाने के मृद्दे पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर आपत्ति जताई है याचिका पर आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साह की यूगलपीठ ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की अदालत ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव उचित नहीं है उच्च न्यायालय ने टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार को अगले दो दिनों के भीतर नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अभित जोगी ने राज्य में अट्ठारह से चवालीस वर्ष की उम्र वाले लोगों के कोरोना टीकाकरण में अंत्योदय वर्ग को प्राथमिकता दिए जाने के मद्दे पर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी इस याचिका में अभित जोगी ने राज्य सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसके तहत एक मई से शरू हए टीकाकरण अभियान के लिए अटठारह से चवालीस वर्ष के लोगों में फिलहाल अंत्योदय राशन कार्डघारी लोगों को ही टीके लगाए जा रहे हैं याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण में आरक्षण लागू करने का निर्णय असंवैधानिक और अनैतिक होने के साथ ही अवैज्ञानिक भी है इस विषय पर हाईकोर्ट में पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं अदालत ने इनकी सुनवाई करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी टीकाकरण को लेकर प्राथमिकताएं तय की है लेकिन उसमें आरक्षण जैसी स्थिति नहीं है हाईकोर्ट बीडीएस परीक्षा इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आयुष विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान दंत विकित्सा के स्नातक पाठयक्रम बीडीएस की ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने पर तत्काल रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के आयुष विश्वविद्यालय ने बीते दो मई से प्रस्तावित बीडीएस की ऑफलाइन परीक्षा के लिए समय सारणी घोषित की थी लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी

वर्तमान में लगभग एक लाख इक्कीस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ छियासठ लोगों की मृत्यु हई है इस बीच राज्य में अब तक लगभग तिहत्तर लाख अडसठ हजार कोरोना टेस्ट किए जा चके हैं

वहीं रायपुर जिले में होम आइसोलेशन से जुड़े डॉक्टरों और अधिकारियों ने वेबीनार के जरिये कोरोना मरीजों के इलाज और सावधानी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों में विचार विमर्श किया इसमें करीब तीन सौ अधिकारी और डॉक्टर शामिल हुए वेबीनार में होम आइसोलेशन के प्रभारी डॉक्टर निलय मोझरकर ने बताया कि घर में रहते हुए मरीज की स्थिति गंभीर होने के पहले किन लक्षणों को देखा जाना बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज की उम्र पचास वर्ष से अधिक है और उनके परिवार में पहले किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई है तो ऐसे मरीजों के साथ ज्यादा जोखिम रहता है इसलिए इनकी लगातार निगरानी करना आवश्यक है उधर कबीरधाम जिले में कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों के अलावा नर्स वार्ड बॉय और स्वास्थ्यकर्मियों को कल सम्मान के तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा गुलाब का फूल भेंट किया गया साथ ही इन कोरोना योद्दाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए नगर के पुलिस जवानों ने दो गज की दूरी का पालन करते हुए ताली बजाकर स्वागत किया

इस हफ्ते के अंत तक अस्पताल के पहले चरण का काम पूरा हो जाने की संभावना है पहले चरण में तीन सौ बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है इनमें एक सौ बीस ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी शामिल हैं इसी तरह धमतरी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की और ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी इस कमी को पूरा करने के लिए जिले के सांसद और विघायकों ने आर्थिक सहयोग की पहल की है सिहावा की विघायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रव और धमतरी की विधायक रंजना साहू ने जिला अस्पताल को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए इधर राजनांदगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार समाचार की रिपोर्टिंग के दौरान कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं इसलिए पत्रकारों को भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की तरह मानते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं इस बीच भारतीय रेलवे ने देशभर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न राज्यों में अब तक एक हजार एक सौ पच्चीस मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन पहंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है इसके लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न राज्यों में छिहत्तर टैंकरों के जरिये ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की इस अभियान में बीस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं

मोहला विकासखंड के रेंगाकठेरा ग्राम पंचायत के कुछ शिक्षकों और गांव की मितानिनों ने मिलकर यहां के प्रमुख चौक चौराहों और गली मोहल्लों में दीवारों पर आकर्षक नारे लिखे हैं इन नारों के माध्यम से ग्रामीण लोगों से शुरूआत लक्षण दिखते ही कोरोना जांच कराने की अपील की गई है इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने का आग्रह भी किया गया है उधर महासमुंद जिले के शिक्षक घर घर जाकर विद्यार्थियों को सूखे अनाज का पैकेट बांट रहे हैं

प्रदेश में अब तक अठासी प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पहली डोज और बासठ प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है इसी तरह अग्रिम पंक्ति को सभी कार्यकर्ताओं को पहली डोज लग चुकी है वहीं उनसठ प्रतिशत ऐसे कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी ख्राक भी दी जा चुकी है इसके साथ ही पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के तिहत्तर प्रतिशत लोगों को पहली डोज मिल चुकी है जबकि इस आयू वर्ग के छह प्रतिशत लोगों ने दूसरी डोज भी लगवा ली है

गौरतलब है कि पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग में वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में छत्तीसगढ़ इस समय देश में चौथे स्थान पर है

कल इस वर्ग के ग्यारह हजार से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई स्वास्थ्य विमाग को आंकड़ो के अनुसार सबसे ज्यादा दो हजार दो सौ तेरह टीके रायगढ़ जिले में लगाए गए बस्तर जिले में नौ सौ उनयासी वहीं बारह जिलों में टीका लगवाने वालों की संख्या तीन सौ से सात सौ के बीच रही वहीं बलौदाबाजार जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अटठारह से चवालीस वर्ष तक के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारी हितग्राहियों को टीका लगाने के कार्य में युवा समूहों का भी सहयोग भिलने लगा है जिले के भाटापारा नगर में अंत्योदय राशन कार्डधारी हितग्राही टीका लगवाने के बाद स्वयं अपना वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में साझा कर रहें हैं वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों को टीकाकरण के फायदे बताए जा रहे हैं साथ ही अन्य पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की जा रही है मुख्यमंत्री मितानिन स्वास्थ्यकर्मी चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा कर रहे है इसी कडी में आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर और सरगुजा संभाग के विभिन्न विकासखंडों के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों से बातचीत की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने भितानिनों की मांग पर ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने वाले स्वास्थ्यकर्भियों और मितानिनों को निःशल्क मास्क तथा सेनिटाइजर उपलब्ध कराने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम और संक्रमित लोगों की जीवन रक्षा में मितानिनों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है श्री बघेल ने सरगजा और बस्तर संभाग के विभिन्न विकासखंडों में काम करने वाली मितानिनों से और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से उनर्क क्षेत्र में कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली

सभी हवाई यात्रियों को आरटी पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो गया है छत्तीसगढ में हवाई यात्रा कर आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है यह आरटी पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से पहले के बहत्तर घंटे के भीतर की होनी चाहिए हवाई यात्रियों को उनकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी राज्य शासन ने सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही बोर्डिंग पास जारी किया जाए यदि कोई यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना छत्तीसगढ़ पहंचता है तो उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर राजनांदगांव सराफा छापा राजनांदगांव के एक सराफा व्यापारी के घर और दुकान पर राजस्व विमाग की गुप्तचर शाखा ने छापे की कार्रवाई में साढ़े चार टन चांदी और साढ़े चार किलो से ज्यादा सोना तथा बत्तीस लाख रूपये नगद बरामद किया है राजस्व विमाग की टीम बरामद किए गए सोना चांदी और नगद रूपये के साथ रायप्र लौट आई है बरामद किए गए कल सामानों की कीमत करीब बयालीस करोड रुपये बताई गई है गौरतलब है कि केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के अधिकारियों के साथ राजस्व विमाग की टीम ने तस्करी की जानकारी मिलने के बाद बीते एक मई को राजनांदगांव पहुंचकर छापे की कार्रवाई शुरू की थी गृह मंत्री निर्देश प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांकेर और कबीरधाम जिले से लापता दो पुलिस जवानों की तत्काल पतासाजी करने के निर्देश दिए हैं गौरतलबह है कि कांकेर जिले के कोडेकर्से थाना में पदस्थ सहायक आरक्षक बीते अट्ठाईस अप्रैल से लापता है वहीं कबीरधाम जिले में सीएएफ की बीसवीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक बीते इक्कीस अप्रैल से लापता हैं मौसम उत्तरप्रदेश विदर्भ बिहार और पश्चिम बंगाल के ऊपर द्रोणिका के असर से प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से बादल छाए हुए हैं इस द्रोणिका के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बौछारे पड़ने की संभावना है मौसम विमाग के अनुसार प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशोय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना है उधर रायगढ़ में कल शाम अचानक मौसम बदलने के साथ ही तेज बारिश हुई वहीं जिले के भेलवा टिकरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से ईट भट्टे में काम करने वाले चार मजदूर झुलस गए इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जाती है सभी घायलों का रायगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा है संक्षिप्त समाचार मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट चार महीने के लिए स्थगित कर दी गई है देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से मई में निर्घारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएँ स्थगित करने को कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में माना विमानतल के नजदीक बनाए गए सौ बिस्तर वाले जैनम कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया पश्चिम बंगाल में तणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय पर कथित हमले के विरोध में कल रायपुर में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी अपने अपने घरों के बाहर प्रतीकात्मक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे रायपुर के राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बीते दिनों हुए आगजनी और छह मरीजों के मौत के मामले में पुलिस ने आज अस्पताल के संचालक सहित दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है जगदलपुर में फर्जी पत्रकार और पुलिस अधिकारी बनकर वाहन चालकों से वसूली करने वाले दो आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गरियाबंद पुलिस ने हीरा तस्करी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब चार सौ चालीस नग हीरा बेरामद किया है